श्री कंवर पाल आ केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं लवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश ावड़ेकर दवारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों की बैठक में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे

सिरसा में मदन लाल श्रींगरा चौक पर एक कार्यक्रम का आयो न किया गया नगर परषिद के अध्यक्ष वरिष्ठ बी ेपी नेता गदीश चोपड़ा सहित वहां उपस्थित लोगों ने शहीद की प्रतिमा को प्ष्प अर्पित किये और उनकी शहादत को याद किया

उनके श्रीवन से य्वाओं को प्ररेणा लेते हये देश की बहेतरी का संकल्प लेना चाहिए पंचकूला के मे र संदीप सागर चौक पर आयो ित कार्यक्रम में शहीद संदीप सारगर के पिता हरबंस लाल सागर ने देश की इस वीर स्प्रत माल्यार्पण कर श्रद्धांध लि दी

भिवानी में भी रामगंध मोहल्ले मे शहीद मदन लाल श्रींगरा की याद मे बनने वाले सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी गई भिवानी महेन्द्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह सैनी आधारशिला रखने के बाद य्वाओं को देश के शहीदों का इतिहास पढ़ने और उनकी विचारधारा पर चलने की अपील की

पंचकूला के सिविल सर्पन डा स ीत कौर ने बताया कि आ चार कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है इनमे से दो मोहाली के नि ी अस्पतालों मे उपचाराधीन थे

भिवानी मे बी ीएम लाइन क्षेत्र के कई इलाकों को कं नमें ोन से मुक्त कर दिया गया है

नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को दो दिन घर ही रहने को कहा है उनकी कोरोना ांच की ायेगी